पीएम अमेठी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में कई विकास परियोजनाओं शिलान्यास और लोकार्पण किया इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आयुध निर्माणी में उच्च तकनीकी वाली इंडो रशियन राइफल बनाने वाली इकाई जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया

इसके शुरू हो जाने से जहां भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी वहीं इससे स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध होगा

वहीं ओपन इनोवेशन मॉडल इंडिया हैकाथन को लेकर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के वाइस चेयरमैन डॉ एमपी पुनिया ने मीडिया से कहा कि काउंसिल बच्चों की सोच को बदलना चाहती है और इसके लिए एक मुहिम के तौर पर कार्य किया गया है उन्होंने बताया कि इस बार कई प्राइवेट कम्पनियों को भी हैकाथन में शामिल किया गया है

देहरादून में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद और वाप्कोस लिमिटेड के बीच रोपवे से संबंधित एम ओ यू हस्ताक्षरित किये गए इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि रोपवे के माध्यम से प्रद्षण को नियन्त्रित करते हुए पहाड़ी स्थलों की यात्रा को आकर्षक और रोमांचक बनाया जा सकेगा साथ ही काफी कम समय में यात्रो पूरी की जा सकेगी इस दौरान पौड़ी के झलपाली से दीव डांडा रसल्वाण नीलकंठ और कीर्तिखाल से भैरवगढ़ी मन्दिर के प्रस्तावित रोपवे के क्रियान्वयन के लिए एम ओ यू पर हस्ताक्षर हुए एम्स कार्यशाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में इंडोस्कोपी द्वारा कान के ऑपरेशन विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया इस दौरान विदेशी फैकल्टी ने चार मरीजों के कान की लाइव सर्जरी की जिसका प्रतिभागियों के लिए भी सजीव प्रसारण किया गया एम्स के ईएनटी डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित कार्यशाला में निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि एम्स संस्थान में नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे जरूरतमंद लोगों को आध्रनिकतम सुविधाओं का लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि संस्थान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों व कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य भी फैकल्टी और चिकित्सकों तक नवीनतम जानकारियां पहुंचाना है

उन्होंने बताया कि देश के पहाड़ी और ऊंचाई वाले हिस्सों में वायु दाब कम होने के कारण कान की बीमारी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है

इसके साथ ही जिले को आजीविका मिशन मे उत्कृष्ट काम करने के लिये कांस्य अवॉर्ड भी मिला है पिछले दिनों ये अवार्ड राजधानी दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जिले के परियोजना निदेशक ने प्राप्त किया पिथौरागढ़ की मुख्य विकास अधिकारी वन्दना ने बताया कि जिले मे आपदा से क्षतिग्रस्त आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अर्न्तगत तय समय में बनाया गया

उन्होंने बताया कि दोनों योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए पिथौरागढ़ जिले को सम्मानित किया गया है

कई जगहों पर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें अवरूद्व हैं सड़कों पर मलबा हटाने का कार्य जारी है खराब मौसम के कारण विद्युत आपूर्ति और संचार व्यवस्था भी प्रभावित है

वहीं र्देहरादून पौड़ी पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में में ओलावृष्टि हो सकती है महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शिव मंदिरों की आर्कषक सजावट की गई है वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हजारों की संख्या में श्रद्वालु कांवड़ लेकर पहुंच रहे है मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से हर मनोकामना प्री होती है हरिद्वार में कांवड़ लेकर आ रहे तीर्थयात्रियों की संख्या में आज काफी बढ़ोत्तरी हुई है

साथ ही जिप लाइन की भी शुरूआत की गई है

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में पहली बार स्थानीय युवाओं को स्नो स्कीइंग का मौका मिल रहा है

उन्होंने कहा कि हर वर्ष लगातार स्नो स्कीइंग प्रशिक्षणों का आयोजन करने का प्रयास किया जाएगा

आई एम ए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एस के झा ने चौंपियनशिप की शुरूआत की

जेंटलमैन कैंडेट प्राकेश सिंह ने पहला संचय रंजन ने दूसरा और पीकेंद्र सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया

गौरतलब है कि इस आयोजन के जरिए जेंटलमैन कैंडेटों को शारीरिक क्षमता दुढ़ता और इच्छाशक्ति की कसौटी पर परखा जाता है संक्षिप्त समाचार जम्मू कश्मीर के कृपवाड़ा जिले में लगभग तीन दिन तक चली मुठभेड़ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन और राज्य पुलिस के दो जवान शहीद हो गये इस दौरान दो आतंकवादी भी मारे गये करीब नौ सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हुई है

अन्य लापता चार जवानों की तलाश में सर्च अभियान जारी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाशिवरात्रि के अवसर पर कल इस बार के कुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं